उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण एवं उन्नयन तथा अन्य सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियाँ प्रदान कर परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा कराने का आश्वासन दिया राजधानी में ही आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के आरसीपीवी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रदर्शनी और सम्मेलन सहित तीन दिवसीय सार्थक एड्र विजन कार्यक्रम का उद्घाटन किया

कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री करेंगे

अनुग्रॅज के प्रथम दिवस जातक कथा आधारित कार्यक्रम और मणिपुरी नाटक की सजीव प्रस्तुति होगी

भरतनाट्यम ओडिसी और मयूरभंज छाऊ जैसे शास्त्रीय नृत्यों का ओजपूर्ण प्रदर्शन भी किया जाएगा विशेष सशस्त्र बल के द्वितीय वाहनी नाथू राम दोहरे ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है उन्होंने टीके को पूरी तरह सुरक्षित और निरापद बताया

विदेश मंत्री एस जयशंकर कोविड की स्थिति में विदेशों में रह रहे भारतीयों अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के कल्याण के लिए हाल के उपायों पर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन विधेयक सहित कई अन्य संशोधन विधेयक रखेंगे

राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक तथा जल शक्ति मंत्रालय रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी

इशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया

इंग्लैंड की ओर से सैम कुरैन क्रिस जॉर्डन और आदिल रशीद ने एक एक विकेट हासिल किए दोनों टीमों के बीच तीसरा मैच कल अहमदाबाद में खेला जायेगा

बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है सभी की हालत में सुधार है

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार